मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा जघन्य अपराधों की निगरानी के लिये राज्यस्तर पर विशेष सेल बनाई जायेगी

हरियाणा में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही

यह कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला जिले में कालका से जन आशीर्वाद यात्रा को शुरू करने के लिए आयोजित किया गया था

घाटी के कुछ और इलाकों में आज प्रतिबंधों में ढील दी गई

हमारे संवाददाता ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि कल पूरी घाटी में प्राथमिक विद्यालय फिर से खूलेंगे

मंत्रालय में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव रीना रे ने बताया कि इस योजना के नाम नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल टीचर्स हेड होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा होगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने आजाद हिन्द फौज के संस्थापक नेताजी को याद किया श्री गहलोत ने एक ट्वीट संदेश के माध्यम से कहा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गज नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने भारतीयों को देश के लिये सर्वोच्च बलिदान देने के लिये प्रेरित किया

ऐसे अपराधों की निगरानी के लिये राज्य स्तर पर एक विशेष सेल बनाई जायेगी जयपुर में पत्रकारों से एक प्रेसवार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलू खान मामले में जांच में कई खामियां रही है लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी

इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक हुई जिसमें सभी विभागों के शासन सचिवों ने भाग लिया बैठक में यह लक्ष्य रखा गया कि घोषणाओं को समय पर पूरा किया जाये

भारी बारिश के बाद प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य चलाए जा रहे है

सवाई माधोपुर जिले में भी चम्बल किनारे बसे गांवों में प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहा है

बूंदी जिले में हो रही बरसात से क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भर गया जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्यो में लगा हुआ है हमारे बूंदी संवाददाता के अनुसार जिले के कई मार्ग अभी भी अवरूद्व है

बाड़मेर जिले में आज लूणी नदी का पानी बालोतरा पहुंचा लूणी नदी में दो साल बाद पानी आने से स्थानीय लोगों में उत्साह है

डूंगरपुर में भी सोमकमला अंबा बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है झालावाड़ जिले में आज हल्की वर्षा का दौर जारी रहा पिकनिक और पर्यटन स्थलों पर काफी भीड़ रही पूर्व मंत्री और छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने बारां जिले में भारी बारिश से हुये नुकसान को देखते हुये राज्य सरकार से मुआवजा देने का अनुरोध किया है

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने इसके लिये नई गाइडलाईन जारी की है परियोजना निदेशक के अनुसार स्मार्ट विलेज योजना में आज गांवों में सड़कों का निर्माण स्कूलों की चारदिवारी खेल मैदान और चारागाह विकास कार्य करवाये जा सकेंगे साथ ही गांवों में मॉडल तालाबों को भी इसके अंतर्गत विकसित किया जायेगा

ये केन्द्र सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर खोले जायेंगे जिससे मरीजों को जांच के लिये जिला चिकित्सालयों में जाने की जरूरत नहीं रहेगी स्वास्थ्य निदेशालय इन केन्द्रों को स्वयं सेवी संघ के माध्यम से संचालित करेगा

एटीएस और एसओजी की ओर से की गई संयुक्त कार्रवाई के दौरान यह पता चला है कि जब्त हथियार मध्यप्रदेश के धार जिले से लाये गये थे

ये बच्चे कल रात से लापता थे

वहीं जालोर जिले के आहोर क्षेत्र के चांदराई गांव में एक बालक के तालाब में डूबने से मौत हो गई पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुप्रई किया उधर राजसमन्द जिले के केलवा क्षेत्र के वागुन्दड़ा गांव के पास गोमती नदी में डूबने से एक बालक की मौत हो गई

इस अवसर पर प्रसिद्ध बंशीवाला मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई

इस अवसर पर शहर में तीज माता की सवारी निकाली जा रही है

श्रीगंगानगर शहर में पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया जिसमें नशा के बुरे प्रभावों की जानकारी दी गई और नशा छुड़वाने के वैज्ञानिक उपायों के बारे में भी बताया गया बारां में आज किसान ऋण माफी योजना के तहत किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया इस अवसर पर खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और विधायक निर्मला सहरिया भी मौजूद रहे भरतपुर में आज राज्यमंत्री भजन लाल जाटव ने बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होने बालिका शिक्षा पर जोर देने और कुरीतियों को खत्म करने का आह्वान किया

ओलिम्पिक टेस्ट प्रतियोगिता के दूसरे राउंड रॉबिन मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला दो दो से ड्रा हो गया है ओई हॉकी स्टेडियम में हुए मुकाबले में भारत की ओर से वंदना कटारिया और गुरजीत कौर ने गोल दागे ऑस्ट्रेलिया की ओर से कैटलिन नाब्स और ग्रेस स्टीवर्ट ने गोल किये